राज्यसभा ने कल रात इसे पास किया जबकि लोकसभा इसे पहले ही पारित कर चुकी है

विधेयक अब मंजूरी के लिए राष्ट्रपति को भेजा जा रहा है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आरक्षण विधेयक पारित होने को सामाजिक न्याय की जीत बताया है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि यह कानून युवा वर्ग को अपना कौशल दिखाने और देश का स्वरूप बदलने की दिशा में योगदान के व्यापक अवसर सुनिश्चित करेगा प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संविधान निर्माताओं और उन महान स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्वांजलि है जिन्होंने एक मजबूत और समावेशी भारत की परिकल्पना की थी मुख्यमंत्री राज्य सरकार द्वारा जन शिकायतों के निवारण के लिए शुरू किए गए जनमंच कार्यक्रम का सफल कियान्वयन सरकार की एक वर्ष में सबसे बड़ी उपलब्धि है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में एक न्यूज चैनल के साथ हिमाचल वार्ता के दौरान ये बात कही

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोन्द्र की प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से छूटे हुए परिवारों को निशुल्क गैस कुनैक्शन देने के लिए प्रदेश सरकार ने हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना शुरू की है उन्होंने कहा कि सरकार सभी नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए प्रयासरत्त है किशन कप्र प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को गुणवक्तायुक्त खाद्यान उपलब्ध करवाने के प्रति वचनबद्व है

खाद्य आपूर्ति मंत्री किशन कपूर ने आज शिमला में बताया कि एकत्रित किए गए खाद्यानों के इन नमूनों को विशलेषण के लिए निदेशालय स्थित विभागीय प्रयोगशाला को भेजा गया है उन्होंने कहा कि यदि कोई भी नमूना निर्धारित मानदंडों के अनुसार नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी बिंदल प्रदेश सरकार समाज के हर वर्ग के कल्याण के प्रति कृतसंकल्प है

उन्होंने कहा कि दैनिकभोगी बनने से हर जलवाहक कर्मचारी का मासिक वेतन तीन गुणा बढ़ गया है बिंदल ने कहा कि इन कर्मचारियों की शैक्षणिक योग्यता के संबंध में समस्याओं को लेकर उन्होंने स्वयं शिक्षा निदेशालय स्तर पर चर्चा कर इस मुद्दे को सुलझाया है मुलाकात सिराज विधानसभा क्षेत्र कांग्रेस पार्टी के महासचिव नागेश्वर सिंह ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र से मुलाकात की और अपने समर्थकों सहित भाजपा में शामिल होने की घोषणा की नाचन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष महेन्द्र सिंह ने भी समर्थकों सहित भाजपा का दामन थामा मुख्यमंत्री ने भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं का स्वागत करते हुए कहा कि उन्हें संगठन द्वारा पूरा सम्मान दिया जाएगा

प्रदेश विकलांगता सलाहकार बोर्ड और विश्वविद्यालय कार्यकारिणी परिषद के सदस्य अजय श्रीवास्तव ने ये जानकारी दी है इस बीच कुलपति प्रोफैसर सिकंदर कुमार ने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय दिव्यांगों को आरक्षण समेत सभी जरूरी सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए प्रयासरत्त है